उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विकास की गति और तेज़ करने में सहायता मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में एक सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थीं दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर प्रधानमंत्री के उदबोधन को सुना

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव प्रदेश सरकार अलर्ट पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीएम जयराम कोरोना पॉजिटिव पत्नी और बेटी की रिपोर्ट नेगिटिव दैनिक जागरण के शब्द हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित चार अक्तूबर से सरकारी निवास में क्वारंटाइन हैं मुख्यमंत्री पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री जयराम कोरोना पॉजिटिव पीएम मोदी के रोहतांग दौरे के बाद हुए आइसोलेट विधायक शौरी के संपर्क में आए थे

दिव्य हिमाचल की एक खबर है कुल्लू दशहरा में इस बार सिर्फ देव परम्परा